जयपुर से भाजपा के रामचरण बोहरा अलवर से महंत बालक नाथ जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस की कृष्णा पूनिया भरतपुर से भाजपा की रंजीता कोली ने आज अपने नामांकन भरे जयप्र ग्रामीण से भाजपा प्रत्याषी कर्नल राज्यवर्धन राठौड कल नामांकन दाखिल करेंगे

श्रीमती राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश का मान सम्मान बढाया है सेना का स्वाभिमान कायम रखा है जयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा की नामांकन रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा नेता राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा कि यह चुनाव आने वाली पीढियों के भविष्य तय करने का चुनाव है

करौली में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के पास पिछले पांच साल में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सैनी ने कहा कि जोधपुर में रामनवमी की शोभायात्रा पर पत्थरबाजी की घटना से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में प्रशासन का भय नहीं है उन्होंने चौम तथा टोंक में रामनवमी की शोभायात्रा के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने की निंदा की और कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए

राजस्थान वक्फ विकास परिषद के पूर्व चेयरमैन और पूर्व राज्य मंत्री अब्दल सगीर खान का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने माला महनाकर स्वागत किया

यह आयोजन प्रत्येक पोलिंग स्टेषन विधानसभा क्षेत्र जिला तथा राज्य स्तर पर आयोजित होगा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगाराम ने बताया कि सतरंगी सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी इन गतिविधियों से विभिन्न वर्गों को जोड़कर मतदाता जागरूकता का कार्य किया जाएगा

दौसा में आज जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने एक बैठक में मतदान केन्द्रों पर छाया पानी की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और अधिकारियों को समय पर सभी संसाधन मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए

इस चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक चौहान ने बताया कि आरोपी एएसआई रमेश चंद ने परिवादी से चोरी हुई मोटर साइकिल की अंतिम रिपोर्ट एफआर के एवज में दो हजार रूपए की रिश्वत की मांग की थी

मौसम विभाग ने आज इस साल के दक्षिण पश्चिम मानसुन का पहला पूर्वानमुमान जारी किया

उन्होंने बताया कि इस साल मानसुन के दौरान अलनीनो की स्थितियां कमजोर रहने तथा मानसुन के अंतिम दो महीनो में इसकी तीव्रता कम रहने के आसार हैं इस बार मानसूनी बारिश का वितरण भी अच्छा रहेगा जो आगामी खरीफ मौसम की फसलों के लिए लाभकारी होगा

झालावाड़ में आंधी चलने और बादल छाने से किसानों की चिंता बढ गई है वहीं ब्रंदी में दोपहर तक तेज गर्मी रही लेकिन बाद में बुंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया जालौर में धूल का गुबार छाया रहा

बाडमेर जिले में आपराधि और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने और दूरसंचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सुचनाएं भेजने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित क्षेत्रों को टेलीफोन बृथ्स पर की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स को रजिस्टर करना आवश्यक होगा इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए है जालौर जिले के रानीवाड़ा सेवाड़ीया पशु मेले की शुरूआत आज जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण से की सात दिन तक चलने वाले इस पश मेले में पशओं के आने का सिलसिला जारी है यह मेला कांकरेज नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है साथ ही मालाणी नस्ल के घोडे भी यहां बिक्री के लिए जाए जाते हैं